नुक्कड़ नाटक लोकगीतों के माध्यम से चलाई जा रही है मतदाताओं को जागरुक करने की मुहिम चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि आयोग प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस संबंध में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं

श्री रावत ने बताया कि आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी प्रभाव में आये भयमुक्त और तटस्थ रहकर चुनाव प्रकिया का संचालन करें मुख्य चुनाव आयुक्त ने दो दिन में हुई विभिन्न बैठकों का ब्यौरा भी दिया उन्होंने बताया कि आयोग ने राजनैतिकदलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ चुनाव प्रकिया से जुड़े सभी अधिकारियों से भी अलग अलग मुलाकात कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

आयोग ने दो चरणों में प्रदेश के सभी जिलों में चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया श्री रावत के साथ निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुनील अरोरा सहित आयोग से जुड़े अन्य अधिकारी भी इन बैठकों में शामिल थे नामांकन वापसी नाम वापसी के बाद अब प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से सपाक्स के उम्मीदवार राघवजी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नौ प्रत्याशी और मानपुर से दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं यहां से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया वहीं रतलाम की पांचों विधानसभा सीटों में अब कुल चालीस उम्मीद्वार मैदान में हैं जिले की सैलाना सीट से भाजपा की बागी विधायक संगीता चारेल और रतलाम ग्रामीण से पूनम सोलंकी ने नाम वापस ले लिए हैं नरसिंहपुर जिले में चार विधानसभा सीटों के लिए कुल तैतालीस नामांकन भरे गये थे जिसमें से जांच के दौरान तीन खारिज कर दिये गये थे वहीं तीन नामांकन वापस लिये गये जिससे अब कुल सैतीस प्रत्याशी चुनावी समर में मौजूद हैं पन्ना संवाददाता ने बताया है कि निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश चतुर्वेदी ने पर्चा वापस ले लिया है वहीं शाजापुर जिले में शुजालपुर और कालापीपल सीटों से भाजपा के बागी उम्मीद्वारों ने नाम वापस ले लिये हैं सागर में नाम वापसी के बाद अब बीस उम्मीद्वार मैदान में हैं सतना में अब सात विधानसभा सीटों के लिए कुल एक सौ चौतीस प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमायेंगे डिण्डौरी विधानसभा से एक और शहपुरा विधानसभा से तीन प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए हैं इन सभी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चे भरे थे वहीं मण्डला जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्रों से आठ अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं विधानसभा बिछिया से दो निवास से पांच और मण्डला से एक अभ्यर्थी ने नाम वापस लिया है बालाघाट जिले की विधानसभा सीटो से भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आज नाम वापस लिये मोदी सिंगापुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक से परे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉवट मॉरिसन थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग से अलग अलग मुलाकात की श्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ मुलाकात में वित्तीय प्रौद्योगिकी विस्तारित संपर्क सुविधा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बातचीत के दौरान व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत श्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयूत चान ओ चा से मुलाकात की इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा तथा संपर्क सुविधाओं के बारे में चर्चा की ट्रम्प भारत अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मैत्री के लिए बहुत आभारी हैं भारतीय अमरीकी लोगों के साथ व्हाईट हाऊस के रूजवेल्ट कक्ष में दिवाली मनाते समय उन्होंने यह विचार व्यक्त किए श्री ट्रम्प ने कहा कि अमरीका और भारत के बीच गहरे संबंध हैं

राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलायी गौरतलब है कि श्री सेठ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है

शपथ ग्रहण कार्यक्रम की कार्यवाही का संचालन मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने किया समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद विवेक तनखा पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त के डी खान पुलिस महानिदेशक व्ही के सिंह प्रदेश के न्यायालयों के न्यायाधीश विधि प्रशासन और पुलिस विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अधिवक्ता मौजूद थे

वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी कल से विभिन्न जिलों की विधानसभाओं में पहुंचकर जनसभा और रोड शो में भाग लेंगे श्री शाह कल बड़वानी शाजापुर बड़नगर में सभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे इंदौर होते हुए दिल्ली रवाना हो जाएंगे

इसी दिन श्री शाह की सागर और दमोह में भी सभा होंगी

वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सिंगरौली पहुंच कर वहां जनसभा को संबोधित करेंगे इसी दिन उनकी उमरिया चुरहट देवतालाब में जनसभा होंगी मैहर में श्री शाह का एक रोड शो आयोजित होगा

श्री शाह का उसी दिन शाम को भोपाल उत्तर एवं नरेला में रोड शो आयोजित होगा

छिंदवाड़ा में उनका रोड शो और बालाघाट एवं सीहोरा में जनसभा होगी

इसके बाद वे नरवर भिण्ड और मुरैना में सभा करेंगे

श्री गांधी सागर जिले में देवरी में जनसभा करेंगे

इस दौरान वे बालाघाट और भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगी

सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल के कलाकार भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं

यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर श्री नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई स्कूलों में भी बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर दिव्यांग विद्यालय में कल्चुरी महिला मण्डल के सदस्यों ने बच्चों को उपहार बांटे इसके अलावा स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए संक्षिप्त समाचार मुरैना जिले के सबलगढ़ में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करने के बाद अगली सभा कैलारस में करेगे

इस दौरान दिव्यांगों को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा गया है

खण्डवा में बालदिवस के अवसर पर मतदाताओं को वाल पेण्टिंग बनाकर जागरुक किया गया